और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति की व्यापक समीक्षा की और विभिन्न राज्यों और जिलों में कोरोना संक्रमण फैलाव की विस्तृत जानकारी ली

श्री मोदी ने इन राज्यों में आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया श्री मोदी ने कोविड संक्रमण की रोकथाम दवाओं की उपलब्धता रेमडेसिविर सहित आवश्यक दवाओं का उत्पादन बढाने टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति और अगले कुछ महीनों में टीके का उत्पादन बढाने की कार्य योजना का भी जायजा लिया

इस बैठक में प्रधानमंत्री ने टीके की बर्बादी का राज्यवार ब्योरा भी लिया और टीकाकरण की गति तेज करने पर जोर दिया इसी क्रम में झारखंड में मात्र तीन दषमलव एक दो प्रतिषत टीके की बर्बादी हुई है जो कि सबसे अधिक संक्रमण वाले बारह राज्यों में सबसे कम है

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटो में तीन लाख इकतीस हजार लोग स्वस्थ हए भारत में स्वस्थ होने की दर बढकर इक्यासी दषमलव नौ पांच प्रतिषत हो गई है कोविड से स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या बढ़ना सकारात्मक रूझान है लेकिन उपचाराधीन रोगियों में वृद्वि अब भी चुनौती बनी हुई है

देष में सक्रमित मरीजों की संख्या दो करोड़ चौदह लाख से अधिक हो गई है

इसके साथ ही देश में महामारी से मरने वालों की संख्या दो लाख चौंतीस हजार से अधिक हो गई है झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर साठ हजार छह सौ तैंतीस पहुंच गई है जबकि पांच हजार सात सौ चालीस लोग स्वस्थ होकर वापस अपने घरों को लौटे हैं राज्य में एक हफते के लिए मिनी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है इस दौरान संक्रमण की दर में सात प्रतिषत की गिरावट दर्ज की गई है फिलहाल राज्य में संक्रमण दर करीब चौदह प्रतिषत के लगभग पाया गया है पिछले चौबीस घंटो में कुल छह हजार नौ सौ चौहतर नये सक्रिय मामले सामने आए हैं कल राज्य में एक सौ तैंतीस संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक सताईस लाख चौदह लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा चूकी है राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियतर दषमलव दो छह प्रतिषत हो गई है ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड महामारी के दौरान सशस्त्र सेनाओं के योगदान की सराहना की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के टवीट पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जल थल और नभ में भारतीय सशस्त्र सेना ने कोविड के खिलाफ संघर्ष में कोई कसर नहीं छोड़ी है

इन प्रकोष्ठ में महानिदेशक स्तर के अधिकारी इसके प्रमुख होंगे और वे सीधे थल सेना उप प्रमुख को रिपोर्ट करेंगे इससे दिल्ली समेत देश भर में कोरोना मरीजों को तुरंत सहायता पहंचाने संबंधी कार्यों में बेहतर तालमेल हो सकेगा जांच सैन्य अस्पतालों में भर्ती और जरुरी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने में राज्य प्रशासन की सहायता पहले ही से की जा रही है

वित्त मंत्रालय ने इसके साथ चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में राज्यों के वित्तीय घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए कल एक खरब सन्तानबे अरब बयालीस करोड़ रुपये जारी किए हैं

अब तक चालीस ऑक्सीजन एक्सप्रेस गंतव्य तक पहँच चुकी हैं

शीघ्र ही ये े खेप मध्य प्रदेश हरियाणा राजस्थान और दिल्ली में पहंच जाने की उम्मीद है दक्षिण पूर्वी रेलवे ने टाटानगर रेलवे स्टेषन से तरल मेडिकल ऑक्सीजन के दस टैंकर लखनउ के लिए रवाना किए अब तक झारखंड से एक हजार एक सौ बीस टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन को चौबीस ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों द्वारा देष के विभिन्न राज्यों के लिए भेजा जा चुका है

कोरोना वायरस को प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों को सुनिष्वित करने की दिषा में कार्मिक और प्रषिक्षण विभाग द्वारा यह आदेष जारी किया है जिन कर्मचारियों को षारिरीक रूप से कार्यालय में जाने की छूट है उन्हें घर से ही काम करना होगा जिससे कार्यस्थलों पर अनावष्यक भीड़ से बचा जा सकें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानएम्स दिल्ली के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि सीटी स्कैन और बायोमार्कर का दुरुपयोग किया जा रहा है और इससे काफी नुकसान हो सकता है डा गुलेरिया ने कहा अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के मामूली लक्षण हैं तो उसका सीटी स्कैन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है एम्स के निदेशक ने स्पष्ट किया कि मामूली लक्षण वाले रोगियों को किसी दवा की जरुरत नहीं है उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को लिए आइवरमेक्टिन अथवा हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा ही काफी है

सोलह सौ किलोमीटर से भी कम दूरी वाली ट्रेनों में लगातार यात्रियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है सात मई से धनबाद से हावड़ा जानेवाली कोलफील्ड एक्सप्रेस और रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस अगले आदेश तक रद हो जाएगी हटिया पूणे एक्सप्रेस को सैन्ट्रल रेलवे द्वारा अभी जारी रखा गया है

अब बंगाल जानेवाले रेल यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी है वैसे यात्री जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट है उन्हें अपने स्वास्थ्य का सात दिनों तक स्वयं परीक्षण करना होगा इस दौरान बुखार या दूसरे लक्षण दिखें तो डॉक्टर से परामर्श लेना होगा पष्चिम बंगाल की सरकार ने लंबी दूरी की ट्रेनों को यात्रियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करते हुए सभी यात्रियों की स्वास्थ्य जांच थर्मल स्क्रीनिंग और कोविड परीक्षण को रेलवे स्टेषन पर अनिवार्य कर दिया है इस दौरान अगर यात्री कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें कोविड केयर सेन्टर मे अपना इलाज कराना होगा

यह प्रमाण पत्र केवल विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पोर्टल के उपयोग से ही जारी किया जाएगा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है इस कदम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र की अखिल भारतीय वैधता और दिव्यांगजनों को लाभ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया सुनिश्चित होगी

मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष भी मौनसुन सामान्य समय पर ही दस्तक देगा

इस दौरान मेघ गर्जन और कहीं कहीं वज्रपात भी होने की संभावना है

इधर राजधानी रांची में दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ हुई हल्की बारिश से मौसम खुषनुमा हो गया है